अपने मन की बात कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में आज श्री मोदी ने जल संरक्षण पर ज्यादा जोर देने की बात करते हुए हरियाणा की प्रशंसा भी की

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इसबार भी पार्टी सदस्यीय संख्या का रिकार्ड बनाना चाहती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा प्रबंध व अच्छी व्यवस्था चाहते हैं और इस अच्छी व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर रहे आतंकवादियों और बुरी मंशाओं को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा आज आकाशवाणी और दूरदर्शन से कार्यक्रम मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास कार्यो की शक्ति गोली बारूद की शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के लोग राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ चलने को उत्सुक हैं पर नफरत और हिंसा फैलाने वाले लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं

आज के अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी गैर सरकारी संगठन व गांवों के समूह जल संरक्षण के बारे में सराहनीय कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय झारखण्ड तथा हरियाणा में जल संरक्षण के बारे में हो रहे काम का ब्यौरा दिया

पांच वर्ष पूर्व शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री ने इस आंदोलन को और अधिक कारगर और सुंदर बनाने की तरफ कदम उठाने को कहा पूरे भारत वर्ष में अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के लोगो द्वारा सावन माह को अपने अपने तरीके से मनाने की मिसाल देते हुए श्री मोदी ने कावड़ यात्रा त्यौहारों जन्माष्टमी नाग पंचमी रक्षा बंधन का भी जिक किया सावन माह में वर्षा ऋत् का फसलों की पैदावार कें लिए पानी के लाभ को बताते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों के साथ संवेदना भी जताई जो बाढ की आपदा से मिले कष्ट को झेल रहे हैं प्रधानमंत्री ने बाढ की चपेट में आए लोगों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारें व अन्य संगठन प्रभावित लोगों की तेजी से मदद कर रहे हैं और जल्द ही उनका ये संकट खत्म हो जाएगा लोगों के लिए मानसून की वर्षा से लगातार खुशियों की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने अगले महीने फिर मन की बात कार्यक्रम में देश के लोगों के साथ विचार सांझा करने की आस जताई केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम लोगों को काफी पसंद आ रहा है और उनके दिलों को छ रहा है तथा अब ये घर घर की बात हो चुका है श्री जावडेकर ने आज पुणे के लक्ष्मी नगर क्षे के लोगों के साथ मन की बात कार्यकम सुना

किसानों को पानी की कम खपत वाली फसलें बोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और बागवानी को भी बढावा दिया जा रहा है कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जैविक सब्जियों की बढती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है बागवानी से आमदनी में एकाएक बई गुणा बढोतरी से भी किसान इसकी और प्रेरित हो रहे हैं श्री धनखड़ ने कहा कि झज्जर के अमरूदों को पहचान दिलाने के लिए बादली विधान सभा क्षेत्र में हुई एक रैली में मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों को यहां के अमरूद की टोकरी भेंट की गई थी

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपीनड़डा ने रोहतक में स्वयं हस्ताक्षर करके नये सदस्यों को पार्टी में शामिल करवाया

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पौधों से बच्चों की तरह प्यार करें और माता पिता की तरह सेवा करें बुछ वर्ष बाद यही पौधे पेड़ बनकर जीवन भर आपकी सेवा करेंगे